भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जालौर जिले में नर्मदा परियोजना के सहायक अभियंता को एक लाख रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया

श्री मोदी कई द्विपक्षीय तथातथा बहपक्षीय बातचीत में शामिल होंगे प्रधानमंत्री कतर के अमीर इटली के प्रधानमंत्री नाईजर के राष्ट्रपति नामीबिया और मालदीव के राष्ट्रपतियों से भी मिलेंगे यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक भी प्रधानमंत्री से मिलेंगी प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन करेंगे और बाद में गांधी पीस गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली में आज जनगणना भवन की आधारशिला रखते हए श्री शाह ने लोगों को जनगणना के महत्व उसकी भूमिका और विभिन्न आयामों के प्रति जागरूक बनाने पर जोर दिया

केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने आज बैंगलूरू में मीडिया से बातचीत में कहा कि केन्द्र सरकार कश्मीर घाटी में ऐसे मंदिरों का जल्दी ही सर्वेक्षण करवाने जा रही है और जल्द ही इनको फिर से खोलने पर काम शुरू किया जायेगा श्री रेड़डी ने बताया कि कश्मीर में बंद पड़े विद्यालयों को फिर से खोले जाने पर भी काम शुरू किया जायेगा घाटी में बंद पड़े स्कूलों की सही जानकारी के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है सर्वेक्षण के लिए समिति गठित की गई है समिति की रिपोर्ट के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कदम उठाये जायेंगे

आज चेन्नई में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा कि बालाकोट आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने कुछ समय पहले नष्ट कर दिया था लेकिन हाल में वे फिर सक्रिय हो गए हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है जनरल रावत ने कहा कि लगभग पांच सौ आतंकवादी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं उन्होंने कहा कि भारतीय सेना संघर्ष विराम उल्लंघन से निपटना जानती है

केवल आतंकवादियों और पश्चिमी पड़ोसी देश में बैठे उनके आकाओं के बीच के संपर्क को तोड़ दिया गया है उन्होंने जोर देकर कहा कि आम जनता के लिए टेलीफोन लाइनों पर कोई रोक नहीं है सेना प्रमुख ने कहा कि स्थिति में धीरे धीरे और ढील दी जाएगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि आयुष्मान भारत केवल एक स्वास्थ्य देखभाल योजना ही नहीं है बल्कि यह उन पचास करोड़ से अधिक भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण है जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं

इसके साथ ही नामांकन प्रकिया शुरू हो गई है

अगले दिन इनकी जांच की जायेगी

इसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने की बैठक में मंत्री शांति धारीवाल गोविन्द सिंह डोटासरा भंवर लाल मेघवाल और हरिश चौधरी ने हिस्सा लिया

खाद्य और आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने आज चित्तौडगढ में जानकारी दी उन्होंने वहां जन सुनवाई करने के बाद पत्रकारों को बताया कि ये सभी परिवार अंत्योदय योजना में तो है लेकिन उन्होंने कभी गेंहू नहीं खरीदा है श्री मीण ने कहा कि ऐसे लोगों को अपात्र घोषित किया गया है और जल्द ही इनके नाम योजना से हटाए जाएंगे उन्होंने बताया कि विभाग अब पैक उपभोक्ता वस्तुओं के भ्रामक विज्ञापनों पर वस्तु निर्माता कंपनी पर सख्त कार्यवाही की जायेगी

टाउन हॉल में गांधीजी के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी और झांकियां सजाई गई इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और विरांगनाओं का सम्मान भी किया गया इधर अलवर में गांधी सप्ताह की तैयारियों के संबंध में आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई

बीएफएफ के डीआईजी यशवंत सिंह और अन्य अधिकारियों ने रैली का स्वागत किया ये रैली श्रीडूंगरगढ चूरू झूंझुनूं होते हुए हरियाणा के रास्ते दो अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पहुंचेगी

श्री गहलोत ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं की तीन घंटे तक सुनवाई की और अधिकारियों को जनसमस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया

उन्होंने दोनों केन्द्रों पर चल रहे अनुसंधान कार्यो को देखा बूंदी के केशोरायपाटन में आज एक रेल कर्मचारी ने अपनी पत्नी को चाकू मार दिया जिसकी बाद में मौत हो गई